प्रदेश में मुख्यमंत्री कमलनाथ भोपाल में फहरायेंगे तिरंगा हर जिले में होंगे भव्य कार्यक्रम भाई बहन के बीच स्नेह का त्यौहार रक्षाबंधन कल प्रादेशिक समाचार एकांश की मध्यप्रदेश के शहीदों पर विशेष श्रृंखला जरा याद करो कुर्बानी में आज आप सुनेंगे शहीद गुलाब सिंह की शौर्यगाथा राष्ट्रपति संदेश राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि जम्मू कश्मीर और लददाख में हाल ही में हुए बदलाव से इन क्षेत्रों को काफी फायदा होगा स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम अपने संदेश में उन्होंने कहा कि इन बदलावों से जम्मू कश्मीर के लोगों को भी देश के अन्य नागरिकों की तरह समान अधिकार और सुविधाएं मिल सकेंगी राष्ट्रपति ने तीन तलाक सहित सामाजिक व्यवस्था से जुड़े बिन्दुओं का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत सदियों से न्यायपूर्ण समाज रहा है जहां लोग एक दूसरे की पहचान क्षेत्र भाषा और विश्वास का सम्मान करते हैं उन्होंने युवाओं की बात करते हुए कहा कि समाज की ओर से युवाओं को सबसे बड़ा उपहार उनकी जिज्ञासाओं का समाधान है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस अवसर पर दिल्ली स्थित लाल किले के प्राचीन पर ध्वजारोहण कर देशवासियों को संबोधित करेंगे

प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर इस बार खासा उत्साह है और एसी उम्मीद की जा रही है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हाल में हुए बदलाओं के संदर्भ में भी अपनी बात रखेंगे

इस अवसर पर राजधानी भोपाल सहित प्रदेशभर में प्रमुख इमारतों और शासकीय कार्यालयों पर विद्युत साज सज्जा कर उन्हें आकर्षक ढंग से सजाया गया है राज्यपाल लालजी टंडन राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में ध्वजारोहण करेंगे जबकि मुख्यमंत्री कमल नाथ मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में ध्वजारोहण कर परेड़ की सलामी लेंगे विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति नरसिंहपुर और उपाध्यक्ष हिना कांवरे बालाघाट में ध्वजारोहण करेंगी

भोपाल स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री कमलनाथ ध्वजारोहण करेंगे विधानसभा परिसर में प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह राज्य मंत्रालय में मुख्य सचिव एसआर मोहंती राज्य हज कमेटी कार्यालय में अध्यक्ष अब्दुल मुगनी खान और गोविंदपुरा स्थित विद्युत वितरण कंपनी के मुख्यालय में प्रबंध संचालक विशेष गढ़पाले ध्वजारोहण करेंगे

देश में आईएसआई प्रमाणित तिरंगे झंडे केवल ग्वालियर हुबली और मुंबई में तैयार किए जाते हैं ग्वालियर स्थित मध्य भारत खादी संघ खादी संघों में ये सम्मान और अधिकार पाने वाली देश की तीसरी संस्था है इस केन्द्र में तिरंगे का कपड़ा तैयार करने से लेकर डोरी लगाने तक का कार्य किया जाता है

इस दिन बहने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनके लम्बी आयु और खुशहाली की कामना करती हैं वहीं भाई बदले में उन्हें भेंट या उपहार देकर उनकी रक्षा का वचन देते हैं रक्षाबंधन देशभर में मनाया जाने वाले प्रमुख त्यौहारों में से एक है इसे न सिर्फ हिन्दू बल्कि अन्य धर्मों के लोग भी उत्साह के साथ मनाते हैं उत्तर भारत में इस पर्व को दीपावली और होली की तरह ही पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति वैंकैया नायड् और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभाकामनाएं दी हैं प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी इस अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है